सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कश्मीर में मीडिया पर कोई प्रतिबंध नहीं

शारदीय नवरात्र का आज है अंतिम दिन श्रद्वालु कर रहे हैं हवन व अन्य विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान

कल भुवनेश्वर में उन्तालिसवें विश्व कवि सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अगर हमारा उद्देश्य एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना है जहां सबके लिए सहानुमूति हो तो इसके लिए कविता शक्तिशाली माध्यम है उन्होंने कहा कि काव्य में सामाजिक सुधारों की प्रक्रिया तेज करने की ताकत होती है श्री नायड् ने कहा कि विद्यालयों में काव्य पठन पाठन को पाठ्यक्रम का जरूरी हिस्सा बनाया जाना चाहिए

एक समाचार एजेंसी से साक्षात्कार में उन्हॉने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग अनुछेद तीन सौ सत्तर के प्रावधानों के समाप्त होने से खश हैं श्री जावड़ेकर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मीडिया पर कोई पाबंदी नहीं हैं और वहां सभी अखबार बिना किसी व्यक्धान के प्रकाशित हो रहे हैं उन्होंने कहा कि पत्रकारों को घाटी के हालात देखने के लिए वहां जाने की छूट दी गई है उन्होंने जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के आरोपों को गलत बताया सुचना और प्रसारण मंत्री ने विपक्ष के इस आरोप का भी खंडन किया कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किये जाने को हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भुनाने की कोशिश कर रही है पचासवां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह बीस से अट्ठाईस नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जायेगा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल नई दिल्ली में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि समारोह में छिहत्तर देशों की फिल्में प्रदर्शित की जायेंगी

इसके अलावा सैकड़ों देशी विदेशी और क्षेत्रीय कलाकार भी इसमें रिरकत करेंगे

श्री जावडेकर ने कहा कि इस समारोह में पहली बार दिव्यांगजनों के लिए भी फिल्म प्रदर्शित की जायेगी उन्होंने कहा कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का यह स्वर्ण जयंती आयोजन होगा और इस अवसर पर पचास वर्ष पूरा करने वाली विभिन्न भाषाओं की बारह सुप्रसिद्व फिल्में प्रदर्शित की जायेंगी केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि सरकार सभी वर्गो और समुदायों की समस्याओं के निराकरण के लिये प्रतिबद्द है वह कल बरेली में गुरूनानक देव के पांच सौ पचासवें प्रकाश उत्सव के मौके पर निकाली गयी रैली में भाग लेने के बाद लोगों को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि पूरी दनिया में गुरूनानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाया जाता है और सरकार भी इसमें सहयोग कर रही है श्री गंगवार ने कहा कि करतारपुर सिख समाज के लिए काफी महत्वपूर्ण स्थान है इसलिए सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि वहां जाने के लिए वीज़ा समस्या का जल्द से जल्द हल निकल आये गुरूनानक देव के प्रकाश उत्सव के मौके पर स्कूली बच्चों ने शहर के जनकपुरी गुरूद्वारे से सिविल लाइन्स स्थित गुरूद्वारे तक साइकिल रैली निकाली इस दौरान श्री ग्रूनानक देव जी की शिक्षाओं पर आधारित सामग्री भी लोगों में बांटी गयी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर ने ध्वनि और वायु प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों के स्थान पर कुछ नए पटाखे विकसित किए हैं इनसे पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में सीएसआईआर द्वारा विकसित अनार पेंसिल और चकरी जैसे अधिक मांग वाले पटाखे दिखाए उन्होंने घोषणा की कि ये पटाखे अब विक्रेताओं और ग्राहकों के लिए बाजार में उपलब्ध हैं सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि सड़क यातायात अपराधों में मोटर वाहन अधिनियम के साथ साथ भारतीय दंड संहिता के तहत भी मुकदमा चलाया जा सकता है शीर्ष अदालत ने सड़क दुर्घटना के दोषियों पर सिर्फ मोटर वाहन अधिनियम के तहत अभियोग चलाने का गुवाहाटी उच्च न्यायालय का आदेश रद्द कर दिया है भारतीय दंड संहिता के तहत मोटर वाहन दुर्घटना के दोषियों की सजा मोटर वाहन अधिनियम की तुलना में अधिक सख्त है न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि अदालतों से सज़ा अपराध की गंभीरता के अनुरूप मिलनी चाहिए और इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर ठोस असर पड़ना चाहिए पीठ ने कहा कि शीर्ष न्यायालय ने समय समय पर सड़क दुर्घटना के दोषियों के साथ कड़ाई बरतने पर ज़ोर दिया है शारदीय नवरात्र का आज अंतिम दिन है नवमी तिथि पर प्रदेश भर के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में श्रद्वालुओं की भारी भीड़ लगी है श्रद्वालु आज मॉ भगवती के नौवें स्वरूप माता सिद्विदात्री की पूजा अर्चना कर रहे हैं मिर्जापूर जिले के विन्ध्याचल स्थित प्रसिद्व शक्तिपीठ विन्याचलधाम में ब्रम्हमुहर्त से ही श्रद्वाल दर्शन पूजन कर रहे हैं मॉ विन्यवासिनी देवी मंदिर की ओर जाने वाली सभी गलियों में पक्तिबद्व श्रद्वालुओं की भीड़ लगी है सीतापुर जिले के नैमिषारण्य स्थित मॉ ललिता देवी मंदिर और वाराणसी के दुर्गाकुण्ड पर श्रद्वालुओं की लम्बी कतारें लगी हैं सहारनपुर जिले की शिवालिक पहाड़ियों पर स्थित मॉ शाकुम्मरी देवी मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है

माता देवी के मंदिरों में श्रद्वालुओं की भीड़ लगी हुई है और पूरा वातावरण माता रानी के भजन कीर्तन और शंख तथा घटियां की आवाज से गुंजायमान हो रहा है भक्तजन माता को नारियल लाल चुनरी और फल इत्यादि अर्पित कर रहे हैं राजधानी लखनऊ सहित जगह जगह कन्या भोज का आयोजन किया जा रहा है दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन श्रुरू हो जाएगा जिसके लिए जिला प्रशासन ने सुख्शा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर लोगों को क्षाई दी है एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ गोरखपुर जिले में तरकूलहा देवी मंदिर और महराजगंज जिले में स्थित लेहड़ा देवी मंदिर पर भी आज नवरात्र के आखिरी दिन माता के दर्शन पूजन के लिए श्रद्वालुओं का तांता लगा हुआ है बलरामपुर जिले में स्थित देवीपाटन शक्ति पीठ में भी श्रद्वालु बड़ी संख्या में दर्शन पूजन के लिए पहुंचे हैं हमारे प्रतिनिधि ने बताया जनपद बलरामपुर में देवीपाटन शक्तिपीठ पर आज नवमी तिथि को प्रातः काल से ही दर्शन पूजन हेत श्रद्धाल्ओं की लंबी लाइन लगी हुई है कुछ मनोकामना पूरी होने पर नारियल चुनरी भेंट कर रहे हैं तो कुछ अरदास कर रहे हैं नेपाल से भी बड़ी संख्या में श्रद्वालु आए है शुभ मुहूर्त होने से लोगों द्वारा मुंडन कर्ण छेदन अन्नप्राशन जैसे सामाजिक एवं धार्मिक संस्कार भी संपन्न कराए जा रहे हैं श्रद्वाल्यों की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन एवं मॉदेर प्रशासन द्वारा लोगों की सुरक्षा व्यवस्था का विरोष प्रदंध किया गया है रामकुमार मिश्र आकाशवाणी समाचार बलरामपुर कल अप्टमी तिथि पर भारी संख्या में लोगों ने दुर्गा पाण्डालों में जाकर दर्शन पूजन किया तथा धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा लिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखनाथ मंदिर में महाअष्टमी पर्व पर माता महागौरी की पूजा अर्चना की श्री योगी ने शक्ति मंदिर में पारम्परिक शस्त्र पूजन भी किया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नवरात्र के अवसर पर लोगों को बधाई दी है श्री कोविंद ने कहा कि दर्गा पूजा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और यह त्यौहार इस विश्वास को मजबुत बनाता है कि सत्य और न्याय की जीत होती है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट संदेश में कामना की है कि देवी दुर्गा लोगों के जीवन में प्रसन्नता सौभाग्य और समृद्धि लाएं प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों को दुर्गा पूजा और दशहरा पर्व की हार्दिक बधाई दी है मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से यह पर्व पारस्परिक सद्भाव और सौहार्द के वातावरण में मनाने की अपील की है प्रदेश के झांसी जिले में कल शाम एक सड़क दुर्घटना में दो महिलाओं सहित छः लोगों की मृत्यु हो गयी और पांच अन्य गम्भीर रूप से घायल हो गये जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है दुर्घटना तोडी फतेहपुर के राजापुर बडवार गांव के निकट हुई जब एक अनियंत्रित ट्रक ने सवारियों से भरे टेम्पो को टक्कर मार दी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के आश्रितों को दो दो लाख रूपये और गम्भीर रूप से घायलों को पचास पचास हजार रूपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है